हमीरपुर से हमारे जिला संवाद्दाता हरीश नंदा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से नादौन उपमंडल के हटली से तीन और गवालपत्थर गडसू से दो भोरंज तहसील से दो टौणी देवी से दो और झनियारा से एक व्यक्ति शामिल है ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं वहीं सोलन से हमारे जिला संवाद्दाता लक्ष्मीदत्त शर्मा ने बताया कि जिले में सामने आए पांच कोरोना संक्रमित लोग मानपुरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे ये सभी मरीज बंगाल से अवैध तरीके से ट्रक के माध्यम से नालागढ़ पहुंचे थे उधर धर्मशाला से हमारे जिला संवाद्दाता संदीप कुमार ने बताया कि आज सामने आए छः कोरोना संक्रमित मरीज ज्वालामुखी नूरपुर इंदौरा नगरोटा बगवां और जयसिंहपुर क्षेत्र से संबंधित हैं ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया था निरीक्षण ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के थानाकलां में निर्माणाधीन गोकुल ग्राम के कार्य का निरीक्षण किया

राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला स्थित सदभावना चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी इस मौके पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विधायक विक्रमादित्य सिंह नंदलाल और मोहन लाल ब्राक्टा ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है श्रद्दांजलि इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए

निघन शोक ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश वर्मा का हृदयघात से कल रात शिमला के आईजीएमसी में निधन हो गया

राकेश वर्मा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व विधायक राकेश वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिजनों से सहानुमूति व्यक्त की है और कहा कि राकेश वर्मा के योगदान को शिमला जिला विशेषकर ठियोग क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी राकेश वर्मा के आकरिमक निधन पर दुख जताया है नड्डा ने कहा कि वे मधुरभाषी सौम्य स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी राकेश वर्मा के निधन पर दुष व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है

उधर कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि जिले में उचित मूल्यों की दुकानों व खुले बाजार में खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है